मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छुक कामगारों की सूची प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कामगारों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है कामगारों की सम्मानजनक व सुरक्षित वापसी के लिए केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश आने वाले सभी कामगारों व श्रमिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए कामगारों सहित सभी जरूरतमंदों को कम्यूनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट सुलभ कराए जाएं होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले कामगारों को राशन किट उपलब्ध कराइ जाए और इन्हें एक हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता प्रदान किया जाए

उन्होंने एक जून दो हजार बीस से प्रारम्भ होने वाले खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की तैयारियां अभी से प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को निरन्तर सक्रिय रखा जाए

पुलिस बल तथा जेल में संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी रोक लागायी जाए मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य निरन्तर जारी रखा जाए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा आयोजित राम नाम अवलंबन एकू अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोक जीवन में राम सर्वत्र सर्वदा प्रवाहमान महाऊर्जा के पर्याय हैं राम का नाम केवल साधन नहीं अपितु वह साध्य भी है जो बुराइयों के प्रभाव को नष्ट करता है मानव मात्र को विपत्ति से मुक्ति प्रदान करता है भारतीय संस्कृति प्रभु श्रीराम के जीवन मूल्यों से प्रकाशित आत्मबोध प्रदान करने वाली है उन्होंने कहा कि आध्यात्म को अपनाकर ही जीवन मूल्यों को सुरक्षित किया जा सकता है वसुधैव कुटुम्बकम की संकल्पना मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम से जुड़ी है

इसका उपयोग हमारे ऋषि मुनियों और राजवैद्य औषधि के रूप में करते थे आज भी इन जड़ी बूटियों की प्रासंगिकता बनी हुई है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तीन हजार से अधिक श्रमिक रेलगाडियां सफलतापूर्वक चलाई गयी और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य में पहुंचाया

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है बाइट जब लॉकडाउन लगा तब तीन दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हायतौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया पूरे देश में क्यों लगाया अर्थव्यवस्था तबा हो जाएगी

अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे

प्रधानमंत्री ने इस कडो के लिए लोगों से विषय सुझान को कहा है

मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में लू का प्रकोप जारी है आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के के सती देवी ने कहा कि चंडीगढ राजस्थान हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो और तीन दिन में लू का प्रकोप जारी रह सकता है

आज औरैया कौशाम्बी तथा कुछ अन्य इलाकों में आंधी के बाद हुई वर्षा से लोगों को गरमी से कुछ राहत मिली राजधानी लखनऊ और आस पास के इलाकों में अगले चौबीस घंटों में आसमान साफ रहने का अन्मान है

प्रदेश में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से छह दिनों में ठीक हो गया

डिस्पैच दिल्ली से गोंडा जा रहे इस मरीज को एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था उपचार के दौरान मरीज ने बताया कि उसका एचआईवी का इलाज चल रहा था और उसकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई केजीएमयू के उप कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में ये पहला मामला था जिसमें मरीज कोरोना के साथ साथ एचआईवी पॉजिटिव भी था तीन समस्याओं से ग्रसित एक मरीज विश्वविद्यालय द्वारा डिस्चार्ज होना हम सब लोगों के लिए एक आशा की किरण ले के आया है क्योंकि इस एचआईवी के मरीज जिसका के इम्यूनिम सिस्टम खराब हो जाता है एचआईवी में ऐसे मरीज में कोरोना का संक्रमण होगा तो क्या स्थिति होगी बहुत ही विंता का विषय था बहुत ही गहन विचार विमर्श विश्वविद्यालय में किया जा रहा था इस मरीज के लिए लेकिन उस मरीज के ठीक हो जाने के बाद एक आशा की लहर है लोग अत्यंत आनंदित्त है और समाज के लिए भी यह एक शुभ संकेत हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल प्रछ सकते हैं

भाजपा देशभर में इस मौके पर वर्चूअल रैलियों का आयोजन करेगी और एक हजार से अधिक ऑनलाइन कांफ्रेंस करेगी

उन्होंने बताया कि अब तक तीन हजार छह सौ अट्ठानवे मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया कि घरेलू उड़ान से कल दो हजार आठ सौ सत्ताइस लोग आये हैं उसमें से उत्तर प्रदेश के दो हजार सात लोग आये हैं उनको होम क्वारंटीन हेतु भेजा गया है